देश में अब ठीक हए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में साढ़े तीन गुना हो गयी है रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे और समय पर उठाये गये कदमों से पिछले चौबीस घटों में साठ हजार आठ सौ अड़सठ रोगी स्वस्थ हुए हैं देश भर में अब तक कोविड महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या सत्ताईस लाख चौहत्तर हजार हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले आठ दिनों में पांच लाख लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं अब देश में संक्रमण के क्ल मामलों की तुलना में केवल इक्कीस दशमलव छह शुन्य प्रतिशत ही सक्रिय मामले हैं सरकार की टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के कारण ही ठीक होने वालो की दर बढ़ी है और मत्यदर कम हुई है इस समय भारत में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत एक दशमलव सात नौ है जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहत कम है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में आठ लाख छियालिस हजार से अधिक परीक्षण किए गए अब तक चार करोड तेईस लाख टेस्ट किए जा चुके हैं जांच के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या बढाई जा रही है इस समय क्ल एक हजार पांच सौ सत्तासी प्रयोगशालाओं में जांच हो रही है इनमें से एक हजार चार सरकारी और पांच सौ तिरासी निजी प्रयोगशालाएं हैं आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है

जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मैजर्स हैं वो फॉलो करने है जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कूल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें

बह्त कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पडती है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्मर बनाने की लोगों से अपील की है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करने के साथ ही देश के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत महत्वपूर्ण है आत्मनिर्भर भारत अभियान में वर्चुअल गेम्स हों टॉयज का सेक्टर हो सबने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निमानी है और ये अवसर भी है जब आज से सौ वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांवी जी ने लिखा था कि असहयोग आन्दोलन देशवासियों में आलसम्मान और अपनी शक्ति का बोघ कराने का एक प्रयास है च आज जब हम देश को आत्ननिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्गर बनाना है श्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहत कृछ करने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा प्र्वानमंत्री ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देशभर से युवाओं ने बहत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण शुरू होने से पूरा देश गौरवान्वित है यह मदिर निर्माण का ही नहीं बल्कि देश में नए यूग का श्मारम है मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महत दिग्विजयनाथ और मंहत अवेद्यनाथ के पृण्यतिथि समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्हॉने कहा कि लाखों श्रीराम भक्तों के बलिदान के बाद आज इस शुभकार्य का मार्ग प्रशस्त हो सका है राम का कार्य लोक कल्याण का कार्य है इस दृष्टि से राम मंदिर निर्माण को लोक मंगल का सर्वोत्कृष्ट कार्य कहा जा सकता है बहराइच जिले के पयागीपुर क्षेत्र में हुई सडक दुर्घटना में पांच मजूदरों की मौत हो गई बिहार के सीवान जिले से सोलह मजदूरों को ला रहा एक वाहन आज तडके पयागीपुर चौराहे पर खडे एक ट्रक से टकरा गया दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड दिया दुर्घटना में घायल लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है